तापमान में हुई गिरावट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले साढ़े चार वर्षो में देश कृषि दुग्ध उत्पादन इस्पात और विमानन सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता तथा गरीबों के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है

इस सरकार की पहचान पारदर्शिता के लिए है गरीबों के लिए संवेदनाओं के लिए है राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए है और तेज गति से काम करने के लिए है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के लोगों के प्रति जवाबदेह है और वो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लगातार जोर बनाए हुए है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चुनौतियों से नहीं भाग रही बल्कि सच्चाई यह है कि उनकी सरकार चुनौतियों से निपटते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटी है श्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए रसोई गैस कनेक्शन सभी के लिए आवास गरीबों के लिए बैंक खाते खुलवाने और सभी गांवों में बिजली पहुंचाने में सफलता का विशेष रूप से उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि केन्द्र में अपने शासन के दौरान उसने किस प्रकार इन संस्थाओं को हाशिये पर डाल रखा था

श्री मोदी ने रफाल सौदे पर आरोपों के लिए भी कांग्रेस पर प्रहार किए और कहा कि वो नहीं चाहती कि भारतीय वायु सेना सशक्त बने

प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन रफाल सौदे पर सभी सवालों के जवाब दे चुकी हैं इसके बाद भी कांग्रेस राष्ट्र को गुमराह करने में लगी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए काम किया है और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही स्टेंट घूटनों की सर्जरी और दवाओं की कीमतों में कमी आई है उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को बिहार आश्रय गृह मामले में जांच का नेतृत्व कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी का तबादला करने के संबंध में सम्मन जारी किए शीर्ष न्यायालय ने न्यायालय की अनुमति के बिना सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक ए के शर्मा को स्थानांतरित करने के लिए भी अवमानना का नोटिस जारी किया इससे पहले न्यायालय ने आदेश दिया था कि बिहार आश्रय गृह मामले की जांच सिर्फ ए के शर्मा की निगरानी में ही की जाएगी न्यायालय ने अपने आदेश के साथ खिलवाड़ के लिए सीबीआई को फटकार लगाई न्यायालय ने सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को भी निर्देश दिया कि वे उन अधिकारियों का नाम पेश करें जो ए के शर्मा का स्थानांतरण जांच एजेंसी से बाहर करने की प्रक्रिया में शामिल थे सीबीआई के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस का जवाब ग्यारह फरवरी तक दाखिल करने को कहा गया है मामले की अगली सुनवाई बारह फरवरी को होगी मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आश्रयगृह में कथित रूप से कई लड़कियों के साथ द्रष्कर्म के मामले सामने आए थे टाटा समाज विज्ञान संस्थान की एक रिपोर्ट में इन मामलों का खुलासा हुआ था केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गयी है दो हेक्टेयर से कम जोत के किसानों को सलाना छह हजार लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है केन्द्रीय अंतरिम बजट की घोषणा में इस योजना के तहत तीन किस्त में छह हजार रूपये दिये जायेंगे राज्य में योजना के अंतर्गत एक करोड़ छप्पन लाख किसानों को लाभ मिलेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि किसानों पच्चीस फरवरी तक पहली किस्त के रूप में दो हजार रूपये मिल जायेंगे केन्द्र और राज्य सरकार की कृषि से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर मास्टर निबंधन किया जा रहा है अभी तक प्रदेश में अड़तालीस लाख किसान निबंधित हो चुके हैं जिन किसानों का निबंधन नहीं हुआ है उन्हें पहले निबंधन कराना होगा उसके बाद ही वे आवेदन कर सकते हैं इसके लिए किसान अपने मोबाइल कॉमन सर्विस सेंटर और वसुधा केन्द्र पर भी आवेदन कर सकते हैं योजना का लाभ लेने के लिए आधार संख्या और बैंक खाते का मोबाइल से लिंक करना जरूरी होगा राज्य सरकार ने दो जिलाधिकारी समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का तबादला कर दिया सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी मो सोहैल को ग्रामीण कार्य विभाग में अपर सचिव बनाया गया है साथ ही उन्हें बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण पटना के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है वहीं जहानाबाद के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष को मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है साथ ही उन्हें मुजफ्फरपुर के बंदोबस्त पदाधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेवारी भी दी गई है इसी तरह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संयुक्त सचिव नवीन कुमार को जहानाबाद के जिलाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है पैन कार्ड से आधार संख्या को लिंक करने की अंतिम समय सीमा इकतीस मार्च को समाप्त हो रही है सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चन्द्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक बयालीस करोड़ पैन कार्ड जारी किये हैं लेकिन तेईस करोड़ पैन कार्ड ही आधार से लिंक है उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आधार पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है सेवानिवृत्ति भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रविन्द्र कुमार को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है इधर सात न्यायाधीशों को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश से जिला और सत्र न्यायाधीश में प्रोन्नति देते हुए नये स्थानों पर पदस्थापित किया गया है प्रोन्नत न्यायाधीशों में रविन्द्र नाथ त्रिपाठी अनिल कुमार सिंह संजय कुमार सिन्हा वन शिवानंद मिश्रा मनोज कुमार सिंह अशोक कुमार गुप्ता और विजय कुमार यादव शामिल है कैमूर जिले के कुदरा थाने की पुलिस ने पांच करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी चावल घोटाले के आरोपी पूर्व अंचलाधिकारी को गिरफ्तार किया है औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र के जलपुरा मोड़ के पास अपराधियों ने आज सुबह भाजपा नेता मदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी मदन यादव हसपूरा थाना क्षेत्र के पहाड़पूर गांव के रहने वाले थे राज्य में मछली कारोबार से जुड़े सभी कारोबारियां का दो लाख का जीवन बीमा कराया जायेगा केन्द्र और राज्य सरकार की सहयोग राशि से यह बीमा होगी इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन प्रदेश में सत्ताईस परीक्षार्थियों के नकल के आरोप में निष्कासित किया गया है पटना के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के मद्देनजर पक्षियों के सैंपल में वायरस नहीं पाया गया है चिड़ियाघर के खोलने से पहले राज्य पश्पालन विभाग को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बर्ड फ्लू से मुक्त होने से संबंधी प्रमाण पत्र लेना होगा राजधानी पटना स्थित त्वरित अदालत ने हत्या की नीयत से अपहरण के मामले में कोतवाली थाने के तत्कालीन प्रभारी राजकुमार यादव को दस वर्षो के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया अदालत ने जुर्माने की राशि वसूल होने पर मामले के दोनों अपहृतों के परिजनों को पचास पचास हजार रुपये दिये जाने का आदेश दिया राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम में आयी बदलाव के कारण कल देर रात से रूक रूक कर बारिश हो रही है बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पश्चिमी विक्षोभ चलने के कारण पटना के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों तक पूरे प्रदेश में गरज के साथ बाारिश होने की संभावना है बक्सर में खेली जा रही राज्यस्तरीय मोइनुलहक फुटबॉल टूर्नामेंट में पूर्व मध्य रेल दानापुर और सीवान की टीमे सेमीफाइनल में प्रवेश कर गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है लोकसभा में मोदी बोले राफेल सौदा रद्द कराना चाहती है कांग्रेस

तापमान में हुई गिरावट